वे कल शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत अमेरीका व्यापार परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे परिषद के प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर अपने विचार सांझा किए और मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न मुद्दे भी प्रस्तुत किए इस बीच कल शिमला से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संगठनात्मक जिला नूरपुर के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा की वर्घुअल रैली को भी मुख्यमंत्री ने संबोधित किया

जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर आज शिमला में शिक्षा विभाग के कार्यों और सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे इसके अलावा वे भााजपा युवा मोर्चा सोलन व देहरा की वर्चुअल रैलियों को भी संबोधित करेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

नीरज भारती देशद्रोह के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती को सीआईडी ने कल शिमला में गिरफ्तार कर लिया है

पुलिस अधीक्षक कानून व व्यवस्था खुशहाल शर्मा नीरज भारती की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि आगामी कार्रवाई के लिए नीरज भारती को आज अदालत में पेश किया जाएगा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कोरोना संकमण के मामलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल में थम नहीं रहा कोरोना का प्रकोप अंतरराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के बयान को दैनिक सेवरा टाइम्स ने शीर्षक दिया है सीमावर्ती क्षेत्रों में नशा तस्करी रोकने की दरकार जबकि आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है नशे के खिलाफ जंग के लिए आगे आएं गैर सरकारी संस्थाएं अमर उजाला की एक खबर है शांता ने छोड़ी एस्कार्ट सुविधा बोले चुभता है लाखों का खर्च आपका फैसला ने शांता कुमार के हवाले से सुर्खी दी है मेरी एस्कार्ट सुविधा को वापस ले प्रदेश सरकार हिमाचल दस्तक के अनुसार पूर्व सांसद शांता कुमार वापस करेंगे एस्कॉर्ट सुविधा दैनिक भास्कर की एक खबर है फार्मा पार्क के लिए ऊना ने एक हजार एकड़ लैंड ट्रांसफर का केस सरकार को भेजा कोरोना काल में निजी कॉलेज विश्वविद्यालय को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने स्कूलों की तर्ज पर लिया बड़ा फैसला पूर्व सीपीएस व कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है